इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में चालीस प्रतिशत तक वर्षा कम होने के कारण भाखड़ा व्यास में जलस्तर कम हो गया है पीने के पानी की सम्स्या के मद्देनज़र हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह के साथ बैठक की बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री ने बतायाकि इस वर्ष कम वर्षा के कारण स्नो बैल्ट कम रहा है जिससे पानी कम आया है और सिंचाई के लिये पानी छोड़ने के कारण जल स्तर डेड लेवल तक पहुंच गया है अत पेयजल की उपलब्धता स्निश्चित करना पहली प्राथमिकता होगी उसके बाद ही सिंचाई व बिजली के लिए पानी दिया जायेगा उन्होंने कहा कि इस नीति के बारे पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की जायेगी उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हरियाणा के सदस्य की निक्ति के लिए पैनल आ गया है अब यथा शीघ्र निय्क्ति की जायेगी श्री आर के सिंह ने हरियाणा की म्हार गांव जगमग गांव योजना की प्रंशसा करते हए कहा कि इसे राज्यों की बैठक मे प्रर्दशित किया जायेगा

पंचक्ला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाण के उदयोग व पर्यावरण एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्री विप्ल गोयल ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण की मेज़बानी हमारा देश कर रहा है

श्री गोयल ने अपने स्म्बोधन ने अपने सम्बोधन मे कहा कि इस वर्ष छठी से बारहवीं तक प्रदेश के सभी विदयार्थियों अपने अपने नाम से पौधे लगाकर उसकी देखभाल करेंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी कार्यालय अथवा कार्यक्रम म प्लासिटक की बोतल का जगह कांच के गलास मे पीने का पानी दिया जायेगा उधर सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो उसे दो पेड़ लगाने होंगे ताक पर्यावरण संत्लन बना रहे आज सिरसा के नहर कालोनी स्थित सिंचाई विभाग के प्रांगन में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा रोपने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे हरियाणा राजभवन में आज लेडी गर्वनर श्रीमती रानी सोलंकी ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया उन्होंने राजभवन परिसर मे मौलसरी हरड़ बहेड़ा आंवला पिलखन बरगद जाम्न अमरूद आदि के पौधे लगाये और सबकी देखभाल का संकल्प लिया भिवानी के गांव ढाणा नरसाव मे अब नियमित रूप से राष्ट्रगान की ध्न बजेगी और रोज सुबह सभी ग्रामीण राष्ट्रगान गाकर इसका सम्मान करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रामीणों ने यह अनूठा संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह को सम्बोधित कर रहे है

समारोह में यूनाटेड नेशन के पर्यावरण मंत्रीगण तथा विभिन्न उद्योगों के सदस्य भाग ले रहे है

एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्यमंत्री ने अम्बाला हिसार सड़क से खेडा से मेल्लन अम्बाला सम्पर्क सड़क पर नरवाना ब्रांच पर स्टील पाइप के प्ल का निर्माण के लिए दो करोड़ अद्वारह लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी

बोर्ड अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह के अन्सार इस वर्ष मार्च में कंपार्टमेंट की परीक्षा देने वाले छात्र जो दोनों अवसरों पर परीक्षा दे च्के है तथा उनका परिणाम नोट क्वीलीफाईड घोषित हआ है तथा वे परीक्षार्थी जिन्होंने गत वर्ष व इस वर्ष मार्च की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन नही किया उन्हें इस वर्ष ज्लाई में होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा में प्रविष्ट होने का मौका दिया जायेगा

हरियाणा सरकार इस वर्ष पहली जनवरी से अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्वि करने की घोषणा की है केन्द्र सरकार की तर्ज पर यह वृद्वि किये जाने से मंहगाई भत्ते की दस पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत हो गई है

ऐसा न करने पर विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और विद्यालय की मान्यता भी रद्द करनेका इसमें प्रावधान है आज ग्रूग्राम में सोहना के निकट जी डी गायेन का विश्वविदयालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान मे इससे सम्बध एक कार्यशाला में बोलते हए श्री शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों को बच्चों के किताबों के बढ़ते अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है

उन्होंने कहा कि पांच सौ बच्चों से सार्थक विद्यालय की इसी सत्र से श्रूआत की जायेगी

डेरा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद भड़के दंगों के मामलें में गिरफ्तार हनीप्रीत द्वारा दायर जमानत याचिका जमानत याचिाक पर पंचक्ला की अदालत जज नीरजा क्लवंत कलसन की अदालत में स्नवाई हई जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला लंबित रखा है क्डली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर आज स्बह करीब चार बजे पलवल के गांव कटेसरा के निकट सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई और दस लोग घायल हो गये

मरने वाले देवी सिंह व विजयपाल परिवार सहित मोहाली खरड़ मे रहते थे और एक गैंस एजेंसी में पिकअप गाड़ी से घरेलू सिलिंडर स्प्लाई करते थे